उन्होंने विश्व व्यापार संगठन में सुधार लाने की आवश्यकता पर दिया जोर केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने कहा कि सरकार दो हजार बाईस तक गंगा की सफाई के काम को योजनाबद्व तरीके से कर रही है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल रविवार को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से लोगों से साझा करेंगे अपने विचार आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर कल हुई एक सड़क दुर्घटना में सात लोगों की मौत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कल ओसाका में जी ट्वन्टी शिखर सम्मेलन के मुख्य कार्यक्रम से हटकर चीन के राष्ट्रपति थी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति ब्लादिमीर पुतिन के साथ त्रिपक्षीय बैठक की और आतंकवाद तथा जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर चर्चा की श्री मोदी ने कहा कि त्रिपक्षीय बैठक प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श और समन्वय का एक उपयोगी तरीका है प्रधानमंत्री ने आतंकवाद को मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया आतंकवाद सारी मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा है यह निर्दोषों की जान तो लेता ही है आर्थिक प्रगति और सामाजिक स्थिरता पर बहुत बुरा असर भी डालता है हमें आतंकवाद और जातिवाद को समर्थन और सहायता के सभी रास्ते बंद करने होंगे प्रधानमंत्री ने विश्व व्यापार संगठन में सुधार लाने की आवश्यकता पर जोर दिया इससे पहले कल दिन में प्रधानमंत्री मोदी ने अमरीकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आवे जर्मनी की चासलर एंगेला मर्केल समेत कई विश्व नेताओं से मुलाकात की प्रधानमंत्री ने रूस भारत और चीन यानी आरआईसी नेताओं की बैठक की भी अध्यक्षता की और ब्रिक्स देशों के नेताओं की बैठक में हिस्सा लिया ब्रिक्स देशों ने कल के बढ़ते संरक्षणवाद के माहौल में पारदर्शी भेदभाव रहित मुक्त और समावेशी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रणाली स्थापित करने के लिए विश्व व्यापार संगठन के सुझायों के अनुसार नियमों पर आधारित बहुपक्षीय व्यापारिक व्यवस्था कायम करने का आहवान किया श्री मोदी ने कहा निरंतर आर्थिक विकास के लिए आवश्यक रूर्जा के संसाधन जैसे तेल और गैस कम कीमतों पर लगातार उपलब्ध रहने चाहिए न्यू डबलपमेंट बैंक द्वारा सदस्य देशों के भौतिक और सामाजिक इन्फ्रास्ट्रक्वर तथा रिन्यूएबल एनर्जी कार्यक्रमों में निवेरा को और प्राथमिकता मिलनी चाहिए ओसाका से हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि श्री मोदी और जर्मन चांसलर एंगेला मर्केल ने भारत जर्मन संबंधों को और सुदृढ़ करने तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ई मोबिलिटी और साइबर सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के बारे चर्चा की

इसमें उन्होंने इन्क्ल्सिवेनेस यानी समावेश इंडिजिनाइजेशन यानी स्वदेशीकरण इनोवेशन या नवाचार इन्वेस्टमेंट या निवेश और इन्कास्ट्रक्वर या बुनियादी ढांचे के साथ साथ इंटरनेशनल सहयोग पर जोर दिया कोवे में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए भी श्री मोदी ने डिजिटल बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए अपनी सरकार की प्राथमिकताओं को रेखांकित किया था

कल नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि आम आदमी से लेकर कारपोरेट घरानों तक को इस लक्ष्य को प्राप्त करने में सहयोग के लिए आगे आना चाहिए श्री शेखावत ने कहा कि स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए समाज के हरएक व्यक्ति को सहयोग करना चाहिए श्री शेखावत ने कहा कि पानी के सूखते स्रोत मानवता के सामने सबसे बड़ी चुनौती है

पानी संकल्प के साथ में लेकर के चलें जिस तरह से घर बनाने की बात की थी गैस का च्रल्हा देने की बात की थी शौंचालय बनाने की बात की थी पर्यावरण वन और जलवायू परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि भारत स्टेज छः उत्सर्जन मानक अगले साल तक पूरे देश में लागू हो जायेंगे इससे वाहन प्रदूषण में नबे प्रतिशत तक की भारी कमी आयेगी लोकसभा में एक पूरक प्रश्न के उत्तर में प्रकाश जायडेकर ने बताया कि किसानों द्वारा पराली जलाना वायु प्रदूषण का एक प्रमुख कारण है और वे इस मुद्दे पर पांच राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे

वी हव क्लोज्ड बदरपुर थर्मल पावर ये जो स्टवल बर्निंग का इश्यू है जो महत्वपूर्ण है पंजाब में हरियाणा में होता है तो उसकी ध्यंआ आता है दिल्ली में तो उसके लिए भी पांच राज्यों का को ओर्डिनेशन कमेटी किया है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल रविवार को आकाशवाणी पर लोकप्रिय कार्यक्रम मन की बात की फिर से शुरूआत करेंगे वे दूसरी बार पदभार संभालने के बाद देश विदेश में लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे इससे पहले कार्यक्रम की एक कड़ी में प्रधानमंत्री ने विद्यार्थियों से परीक्षा पूर्व दबाव से निपटने के बारे में बातचीत की थी दोस्तों परीक्षा को अंको का खेल मत मानिये

जीवन को तो किसी महान उद्देश्य के साथ जोड़ना चाहिए एक सपनों को लेकर के चलना चाहिए

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को सेना के साथ लंबित विभिन्न प्रकरणों को यथारीघ्र निपटाने के निर्देश दिये हैं उन्होंने कहा कि सेना के साथ लंबित विमिन्न प्रकरणों में तेजी से निर्णय लेकर यथाशीघ्र आवश्यक कार्रवाई की जाये प्रकरणों के समाधान में सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए श्री योगी कल लखनऊ के लोकभवन में सिविल सैन्य सम्पर्क सम्मेलन दो हजार उन्नीस को सम्बोधित कर रहे थे मुख्यमंत्री ने लखनऊ सहारनपुर सहित अन्य शहरों में सेना के साथ भूमि के विवाद शीघ्र हल करने तथा बागपत मिर्जापुर खीरी बिजनौर और रामपुर सहित दस जनपदों में भूतपूर्व सैनिकों की चिकित्सा सुविधा हेतु पॉली क्लीनिक निर्माण के लिए एक सप्ताह के अंदर भूमि चिन्हित कर सेना को प्रस्ताव उपलब्ध कराने के निर्देश दिये

श्री योगी लखनऊ में स्टाम्प और रजिस्ट्रेशन विमाग के कार्यो की समीक्षा कर रहे थे उन्होंने प्रदेश के समी क्षेत्रों में सर्किल रेट में यथा संभव एकरूपता लाने के लिए भी कहा मुख्यमंत्री ने खनन की रजिस्ट्री में आ रही समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र दूर करने के निर्देश दिये मुख्यमंत्री ने कहा कि बिना किसी जांच पड़ताल के भूमि की रजिस्ट्री और एक ही भूमि की बार बार अलग अलग लोगों को रजिस्ट्री करने की घटनाओं को रोकने के उपाय सुनिश्चित किये जाये ऐसी योजनायें और नीतियां लागू की जायें जिससे संपत्ति स्थानांतरण या बिक्रय के संबंध में विवादों और हिंसा संबंधी घटनाओं की गुंजाइश न रहे आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर आगरा जनपद में थाना फतेहाबाद क्षेत्र के अन्तर्गत कल एक सड़क दुर्घटना में सात लोगों की मौत हो गयी वहीं चालीस से अधिक लोग घायल हो गये यह हादसा उस समय हुआ जब कल सुवह लगभग पांच बजे एक बस एक ट्रक से टकरा गयी पुलिस के अनुसार पांच लोगों की दुर्घटना स्थल पर ही मौत हो गयी और दो ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया यह बस बिहार से जयपुर जा रही थी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुर्घटना में लोगों की मृत्यु पर गहरा शोक व्यक्त किया है उन्होंने अधिकारियों को घायलों के समुचित उपचार के निर्देश दिये हैं

पुलिस चार लोगों को गिरफ्त में लेकर पूंछतांछ कर रही है